संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त

अगले अड़तालीस घंटों के दौरान हल्की बारिश की संभावना

संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शीतकालीन सत्र में एक सौ तीस घंटे पैंतालीस मिनट का कामकाज हुआ उन्होंने कहा कि सदन की उत्पादकता एक सौ पन्द्रह प्रतिशत रही लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए और विभिन्न मुद्दों पर बहस हुई राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायड्र ने समापन भाषण में कहा कि सदन की उत्पादकता लगभग एक सौ प्रतिशत रही और पन्द्रह महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए इनमें मुख्य हैं नागरिकता संशोधन विधेयक किन्नर अधिकार संरक्षण विधेयक और ई सिगरेट निषेध विधेयक उन्होंने कहा कि व्यावधान के कारण सत्र में ग्यारह घंटे से अधिक समय बर्बाद हुआ हालांकि सदन का कामकाज पूरा करने के लिए सदस्य निर्धारित समय से भी ज्यादा देर तक बैठे दोनों सदनों ने आज सुबह संसद पर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही कानून बन गया है आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह कानून कल राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गया है विधेयक राज्यसभा में बूधवार को और लोकसभा में सोमवार को पारित किया गया था एक रिपोर्ट बाईट यह कानून पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण एकतीस दिसम्बर दो हजार चौदह तक भारत आये हिन्दू सिख बौद्ध जैन पारसी और इसाई समुदाय के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है यह संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों और इनरलाइन परमिट व्यवस्था के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा सरकार ने कहा है कि घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है यह कानून किसी के भी खिलाफ भेदभाव नहीं बरतता है और न ही किसी का अधिकार छीनता है दिल्ली से दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि प्याज की नई फसल आने के बाद कीमतों में कमी आयी है साथ ही सरकार ने प्याज की कीमत पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि सरकार अतिरिक्त प्याज का आयात भी कर रही है प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रूक रूक कर हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट आयी है मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की कमी आयी है विभाग ने कहा है कि ईरान और अफगानिस्तान में बने चक्रवाती सर्कुलेशन के बिहार के ऊपर से गुजरने के कारण अगले अड़तालीस घंटों तक बारिश की संभावना बनी हुई है प्रदेश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में इस सर्कुलेशन का अधिक प्रभाव देखा जायेगा पिछले चौबीस घंटों के दौरान भभुआ में सबसे अधिक चार सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी वहीं पटना जहानाबाद और सिवान में तीन तीन सेंटीमीटर बारिश हुई है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में अठारह दिसम्बर तक लगातार तापमान में गिरावट आने की भी संभावना जतायी है आज बारह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना का न्यूनतम तापमान सोलह दशमलव छह गया का पन्द्रह दशमलव पांच भागलपुर का पन्द्रह दशमलव नौ और पूर्णिया का तेरह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया राज्य में पैक्स चूनाव के तीसरे चरण का मतदान आज छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो गया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 कई जगहों पर मतों की गिनती का काम शुरू हो गया है जबकि कई जगहों पर मतगणना कल होगी राज्यपाल फागू चौहान ने इंडियन रेडक्रॉस सोसाईटी की जिला स्तरीय शाखाओं के सुद्रढ़ीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है जिससे संस्था की सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ सके आज पटना में सोसाइटी की समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में रेडक्रॉस क्लबों की स्थापना का भी निर्देश दिया उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस सोसाईटी को गांवों में स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान चलाने की जरूरत है राज्य सरकार ने पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मिकीनगर टाईगर रिजर्व के भ्रमण के लिए रियायती टूर पैकेट की घोषणा की है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि इक्कीस दिसम्बर से पटना से प्रत्येक शनिवार को पर्यटकों को मात्र डेढ़ हजार रुपये में टाईगर रिजर्व का भ्रमण कराया जायेगा इस पैकेज में पर्यटकों के आने आने ठहरने और खाने का खर्च भी शामिल है पटना में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने पटना में जगह जगह प्रदर्शन किया गांधी मैदान स्थित करगिल चौक बेली रोड में पटना वीमेंस कॉलेज और बाईपास में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर आवागमन बाधित कर दिया प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार की और कई को हिरासत में भी लिया प्रदर्शनकारी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और मामले की स्पीडी ट्रायल की मांग कर रहे थे इधर इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि दो अन्य आरोपियों ने स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया अभी दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है गौरतलब है कि पटना विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने गांधी मैदान महिला थाना में सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करवाई है आईजी सेंट्रल रेंज संजय सिंह ने बताया कि मेडिकल जांच में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई है समस्तीपुर में पिछले दिनों एक छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उसे जिंदा जला देने की घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समस्तीपुर शहर में विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने देश के राज्यों की जनसंख्या का आकलन जारी किया है इसमें बताया गया है कि वर्ष दो हजार छत्तीस तक बिहार की जनसंख्या चौदह करोड़ पचासी लाख हो जायेगी वहीं जनसंख्या घनत्व एक हजार एक सौ छह व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर से बढ़कर एक हजार पांच सौ अठहत्तर हो जायेगा अररिया जिले की एक त्वरित अदालत ने हत्या के चौदह महीने पुराने एक मामले में आरोपी राजेश सदा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और सत्तर हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है वहीं दरभंगा जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी सूरज यादव को दोषी करार दिया है दोषी को सोलह दिसम्बर को सजा सुनायी जायेगी दूसरी तरफ शेखपुरा जिले की एक अदालत ने दो शराब तस्करों को दस दस साल कारावास और एक एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है

इधर किशनगंज जिले के सदर थाना क्षेत्र के हलीम चौक के पास से पुलिस ने एक ट्रक से पांच सौ कार्टन शराब जब्त की है मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है

आय से अधिक संपत्ति मामले में मुजफ्फरपुर के सब रजिस्ट्रार संजीव कुमार ग्वालिया को निलंबित कर दिया गया है जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक कोयला डिपो का पुलिस ने भंडाफोड़ कर लगभग तेरह टन कोयला जप्त किया है रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सकला चौकाई के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से दो लाख रुपये लूट लिये दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में कल एक बुज़ुर्ग महिला के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी दिलीप शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जमुई जिले लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोहबर मोड़ के पास सड़क हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गयी सारण जिले के कोपा थाना क्षेत्र अंतर्गत अनवल देवरिया पथ पर एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गयी

सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन विधेयक सहित पन्द्रह महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये

अगले अड़तालीस घंटों के दौरान हल्की बारिश की संभावना